लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज़ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी

जनजातीय जिलों में रूक रूक कर बर्फबारी व वर्षा से फसलें प्रभावित

नाम वापसी के दिन आज केवल शिमला संसदीय क्षेत्र से एक उम्मीदवार दुलाराम ने अपना नाम वापिस लिया है भाजपा व कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय कांतिकारी पार्टी स्वाभिमान पार्टी और बसपा ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच माना जा रहा है इस बीच निर्वाचन विभाग ने आज सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आबंटित कर दिए हैं मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की तारीख ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है प्रचार अभियान में भी तेजी आने लगी है प्रदेश में दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर लोगों को रूझाने में जुटे हैं इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है और पार्टी के दूसरी पंक्ति के नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हमीरपुर जिला के सुजानपुर क्षेत्र के चौकी नादौन और देहरा के गुलेर में आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाक्र ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन समय आने पर जनता इसका उचित जवाब देगी भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में आज भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है मुख्यमंत्री ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाक्र के पक्ष में समर्थन मांगा इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार ध्रमल सहित कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे वीरभद्र कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके बारे में जो कह रहे हैं उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के नगरी में एक जनसभा में उन्होंने जयराम ठाक्र को सलाह दी कि वे अच्छे हैं और जनता का काम करते रहे वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हर आदमी का विकास किया है और पार्टी आधार पर लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस द्वारा करवाए गए कार्यो का श्रेय ले रही है वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अभूतपूर्व विकास करवाया है और राज्य को शिक्षा का हब बनाया है अनुराग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया इस मौके उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की जा रही बेबुनियाद बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे देश का अपमान बताया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवा कर भारत का लोहा मनवाया है लेकिन कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पर कथित अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है और इस बात को आज हर व्यक्ति महसूस कर रहा है शांता कुमार वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा है कि मतदान करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और देश के लाखों शहीदों की कुर्बानियों के बाद वोट का अधिकार मिला है चंबा जिला के सिल्लाघ्राट और हरिपुर पंचायत में आज चुनावी जनसभाओं में उन्होंने कहा कि लोग किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को भाग लेना चाहिए शांता कृमार ने दावा किया कि प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी उन्होंने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर के लिए लोगों से सहयोग का आग्रह किया रामलाल ठाक्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण हर वर्ग को फायदे के बजाए नुकसान हुआ है मगर पूर्व कांग्रेस सरकारों ने चहुमुखी विकास को हमेशा तरजीह दी है उन्होंने कहा कि भाजपा नेता लोगों को जाति आधार पर लड़ाने का काम कर रहे हैं रामलाल ठाक्र ने आरोप लगाया कि जीएसटी और नोटबंदी से किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा है कि शिलाई निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी शिलाई निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अपने जनसम्पर्क अभियान के तहत उन्होंने लोगों से संवाद किया और क्षेत्र की हर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया सुरेश कश्यप ने कहा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में भारत की ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत हुई है उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है और इसके लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता रामस्वरूप मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में करसोग क्षेत्र की अनदेखी हुई है करसोग के पांगणा में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद रहते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को गति प्रदान की है और अनेक विकास योजनाएं शुरू करवाई हैं इस मौके भाजपा नेता महेन्द्र सिंह ठाकुर ने भी जनसभा को संबोधित किया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी एकजुटता से कार्य कर रही है और चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का आपार जनसमर्थन मिल रहा है सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा के पास चुनाव में कोई मुददा नहीं हैं और हार के डर से तथ्यहीन बयानबाजी की जा रही है जो सही नहीं है कुलदीप राठौर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने में विफल रही है भाजपा के पास धनबल है लेकिन कांग्रेस के पास जनबल है और प्रदेश की चारों सीटों पर पार्टी अवश्य जीतेगी

दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि एक व्यक्ति ने क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी में दम तोड़ा ये सभी लोग सुराहण सुशंग कलौण और बल्ह के रहने वाले थे पांच में से चार घायल क्षेत्रीय अस्पताल मंडी और एक पधर सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं

केलंग में हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक बर्फबारी से मतदान केन्द्रों को जाने वाली सड़कों सहित मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य प्रभावित हो रहा है इस बर्फबारी से घाटी में अप्रैल के महीने में जहां ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है वहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है उधर रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि किन्नौर जिले में रूक रूक कर हो रहे हिमपात से ठंड बढ़ गई है और सेब के बागीचों में हो रही फ्लावरिंग पर इसका बु्रा असर पड़ने की संभावना है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भाजपा के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है एक बयान में उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के कारण देश की जनता को भी ये विश्वास हो गया है कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है